जनगणना बैठक जनगणना की तैयारियों के संबंध में आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ केंद्र की बैठक हुई भारत के महारजिस्ट्रार की ओर से आयोजित बैठक में जनगणना से जुड़े विषयो मकान सूचीकरण और एनपीआर जैसे मसलों पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बैठक की अध्यक्षता की जनगणना और एनपीआर को लेकर राज्यों के मुख्य सचिवों और जनगणना के डायरेक्टर्स की इस बैठक में पश्चिम बंगाल हिस्सा नहीं ले रहा है एनपीआर अपडेशन को लेकर पिछले साल ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था जिसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने री नोटीफाई कर दिया था इस बार की जनगणना की थीम जन भागीदारी से जन कल्याण है इस पर एक वीडियो भी जारी किया गया है केंद्रीय मंत्री और सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष हर खेत को पानी योजना के अन्तर्गत पर्वतीय राज्यों के लिए मानकों में परिवर्तन या शिथिलीकरण प्रदान किये जाने का प्रकरण रखा

इस दौरान मुख्यमंत्री और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री के बीच नमामि गंगे की प्रगति और जल जीवन मिशन जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा भी हुई केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया इंडो नेपाल मीटिंग चम्पावत जिले के बनबसा में भारत नेपाल के अधिकारियों के बीच सीमांकन की सर्व को लेकर बैठक का आयोजन किया गया बैठक के बाद नेपाल के कंचनपुर के मुख्य जिलाधिकारी सुशील वैध और चंपावत के जिलाधिकारी सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय ने जानकारी दी कि दोनों देशों की सर्वे की टीमों ने कार्य आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि सर्वे में जहां कोई समस्या आयेगी उसका सरलीकरण किया जायेगा और सुरक्षा सम्बन्धी समस्या आने पर दोनों देशों के अधिकारी आपसी बातचीत से उसका हल निकालेंगे

इससे पहले गृह मंत्रालय ने अभियुक्त मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजी थी और उसे खारिज करने की सिफारिश की थी मुकेश सिंह ने कुछ ही दिन पहले अपनी सजा माफ करने की गुहार लगाई थी गृह मंत्रालय ने अपनी सिफारिश में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की उस सिफारिश को दोहराया था कि इसे खारिज किया जाये इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी कल दया याचिका को खारिज किये जाने का गृह मंत्रालय से अनुरोध किया था निर्भया दुष्कर्म और हत्या मामले के चारों अभियुक्त मुकेश सिंह विनय शर्मा अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता को फांसी की सजा दी जानी है सीएम नई दिल्ली मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर से शिष्टाचार भेंट की

इसके साथ ही दोनों के बीच वन एवं पर्यावरण से संबंधित राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पहाड़ी क्षेत्र के दूर दराज इलाकों में कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना अत्यन्त जरूरी है यह सरकार के लिए भी शीर्ष प्राथमिकता का विषय है राज्य के क्षेत्र जोकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हैं और सुरक्षा की द्रष्टि से संवेदनशील हैं वहां भी कनेक्टिविटी पहुंचाना महत्वपूर्ण हैं आईआईपी पैट्रोलियम एण्ड नेचुरल गैस मंत्रालय की संस्था पैट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा हर साल की तरह इस साल भी देश के अलग अलग हिस्सों में सक्षम यानि संरक्षण क्षमता महोत्सव की शुरुआत हो गई है

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देशय पैट्रोलियम उत्पादों के प्रति संरक्षण की भावना जागृत करना है जिससे पर्यावरण में प्रदूषण को कम किया जा सके इस महोत्सव में ईंधन से चलने वाली कार को बदलकर बिजली से चलने योग्य बनाया गया जिससे ईंधन की खपत को कम करते हुए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके

सीएए के समर्थन के स्लोगन लिखे बैनर लिये पार्टी कार्यकर्ताओं ने पैदल यात्राएं निकाल कर अधिनियम का स्वागत किया इसके बाद कार्यकर्ता सरयू बगड़ में लगे पंडाल में एकत्रित हुए यहां सभा के माध्यम से उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम को देश हित में बताया उन्होंने कहा कि इस कानून में सभी के हित सुरक्षित हैं लेकिन विपक्ष इस कानून को लेकर लोगों को भ्रमित कर रही है वक्ताओं ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने से देश में घु्सपैठ पर विराम लगेगी

राज्य के चमोली उत्तरकाशी टिहरी रुद्रप्रयाग बागेश्वर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है चमोली जिले में आज भी बारिश और बर्फबारी हुई बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी औली रूपकुंड रुद्रनाथ बेदिनी बुग्याल में हिमपात हुआ है

टिहरी जिले में लगातार हुई बारिश के बाद आज ऊपरी इलाकों में हिमपात हुआ जिले के धनोल्टी नाग टिब्बा चिरबीटिया आदि स्थानों के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है इससे निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है और जनजीवन प्रभावित हुआ है लोगों को मवेशियों के लिए चारा पत्ती आदि लाने में दिक्कत हो रही हैं हालांकि किसान खुश हैं बागेश्वर जिले में बारिश और बर्फबारी से एक बार फिर से लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं पिंडर सरय कौसानी क्षेत्र के ऊंचे पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है किम गोगिना आदि स्थानों पर करीब चार इंच और बदियाकोट ध्र विनायक खाती समडर जांतोली में एक फीट तक बर्फबारी हुई है बर्फबारी के कारण रिखाड़ी बाछम शामा लीती गोगिना शामा नौकुड़ी आदि मोटर मार्ग प्री तरह बंद हो गए हैं सड़कों को खोलने के लिए जेसीबी मशीनें लगाईं गईं हैं लेकिन लगातार बर्फ गिरने से सड़क खोलने में दिक्कत हो रही है बारिश का सिलसिला आज भी दिनभर जारी रहा जिससे लोगों का घरों से बाहर निकल पाना मुश्किल हो गया है बर्फबारी वाले क्षेत्रों में सड़क पानी बिजली संचार रास्ते आदि सुविधाओं पर भी असर पड़ा अल्मोड़ा जिले में भी कल रात से लगातार बारिश होती रही वहीं जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई उधर पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी में हिमपात हुआ है बारिश और बर्फबारी से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है चम्पावत जिले के विभिन्न स्थानों में कल शाम से लगातार हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ जिले का टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग सुखिढांग चल्थी बेलखेत सहित विभिन्न मार्ग भूस्खलन से बाधित हो गए जिससे यात्री परेशान रहे